उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सूची संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त की जाए ताकि कामगारों को राज्य में लाने के लिए निश्ल्क रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा सके मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के उन प्रवासी श्रमिकों की सुची भी संबंधित राज्यों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं जो अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों के सदस्यों से संपर्क कर उनके कार्यो का फीडबैक प्राप्त किया जाए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच वाली प्रयोगशालाओं में व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अस्पतालों में पीपीई किट एन नाइन्टी फाइव मास्क सैनिटाइजर जैसी आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने प्रदेश में क्वारंटीन केंद्रों और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को और सुद्रढ़ करने के भी निर्देश दिए उन्हॉने कहा कि सामुदायिक रसोई के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के अन्य हिस्सों से आये प्रवासी मजदूर राज्य की ताकत हैं और हम उसका उपयोग नये उत्तर प्रदेश के निर्माण में करेंगे वे आज साढे ग्यारह लाख मजदूरों के रोजगार के लिए औंदयोगिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मजद्रों के वापस लौटने की कोई समय सीमा नहीं है और कोई भी अगर वापस आना चाहता है तो हम उसके सुरक्षित सम्मानजनक और बिना किसी शुल्क की वापसी की व्यवस्था करेंगे श्री योगी ने कहा कि रिकल मैपिंग की मदद से हम हर मजदूर को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करते हए हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार के उद्देश्य से काम कर रहे हैं प्रदेश के सूक्ष्म लघ एवं मध्यम उद्योग विमाग और विमिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों के बीच ग्यारह लाख पचास हजार कामगार मुहैया कराये जाने को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड नाइन्टीन की स्थिति के बारे में बातचीत की इकत्तीस मई को चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे केंद्र ने मई और जून महीने के लिए सैंतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आठ लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक दो लाख मीट्रिक टन अनाज ले लिया है केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वह राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे उन्होंने कल एफसीआई के मंडल कार्यकारी निदेशकों और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ अनाज के वितरण और खरीद के बारे में वीडियो कांफ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित इकहत्तर हजार एक सौ छह लोग उपचार के बाद ठीक हए हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढकर बयालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घटों के दौरान तीन हजार चार सौ चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हुए जबकि सात हजार चार सौ छियासठ लोगों में संक्रमण की पृष्टि हई देश में क्ल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पैसठ हजार सात सौ निन्यानये हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से अब तक चार हजार सात सौ छह लोग जान गंवा चुके हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉ एम के सेन ने बताया यह जांच का समय हैं हमें लॉकडाउन चार के दौरान भी बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए ये पड़ी एक परीक्षा की घड़ी है ये क्त हमें और भी मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे की सोशल डिस्टेसिंग हुआ या स्पच्छता क्लीनीनेंस यूज ऑफ मॉस्क हैंड वाशिंग इसकों हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा महान क्रिकेट खिलाडी सचिन तेंदुलकर ने लोगों से कोरोना योद्वाओं के प्रयासों का सम्मान करने और लॉकडाउन के दौरान लोगों से सभी सावधानियां बरतने की अपील की वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गये पांच किशोरों की डूबने से आज मौत हो गयी ये सभी सिपहिया घाट पर नहाने के लिए गये थे गोताखोरों की मदद से पांचों के शव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के अनुसार सभी मृतक वारीगड़ही रामनगर के रहने वाले हैं इनकी पहचान तौसीफ फरदीन सकी सैफ और रिजवान के रूप में हुई है